हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के द्रसरे भाग का कार्यवाही आज बाद दोपहर पिछले सत्र से लेकर अबतक बिछ्ड़ गई आत्माओं को श्रद्धांजलि देने से श्रू हई म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा जिसका विपक्षी दल के नेता भूपेन्द्र सिंह हडडा ने अन्मोदन किया और शोक का प्रस्ताव पारित हो गया जिन बिछ्ड़ गई आत्माओं को सदन में श्रदधांजलि दी गई उनमे पर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी केन्द्रीय मंत्री राम बिलास पासवान पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री स्रेश अंगड़ी पूर्व मंत्री स्वामी अग्निवेश पूर्व विधायक सरोज पूर्व विधायक देवराज दीवान मामू लाल और श्रीमती सरोज मोर और स्वतंत्रता सेनानी कलावती और प्रदेश की सीमाओं की रक्षा करने वोल शहीद भी शामिल है दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा का सत्र कल तक चलेगा और सदन में छ विधेयक पेश किए जायेंगे

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसृन सत्र के दौरान आज सदन में यह घोषणा की इससे प्रदेश के कमजोर वर्ग के हजारों य्वाओं को नौकरी पाने में मदद मिलेगी म्ख्यमंत्री ने विधायक राम क्मार गौतम के एक प्रश्न पर यह घोषणा की हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में कहा की ज़मीन मिलने पर इसराना और मतलोडा में बस अड्डा बनाया जाएगा म्ख्यमंत्री इसराना के विधायक बलबीर सिंह के एक सवाल पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा दिए उत्तर को सपष्ट कर रहे थे मुख्य मंत्री ने कहा कि ऊपरगामी प्ल बनने की वजह से बसे बस अड्डे में नहीं जा पा रहीं इसलिए ज़मीन मिलने पर प्ल श्रू होने यां खत्म होने के स्थान के पास बस अड्डे का निर्माण किया जा सकता है ताकि बसे आराम से बस अड़डे में जा सकें उन्होंने कहा कि अगर पंचायत भूमि उपलब्ध करवाती है तो प्राने बस अड्डे वाली भूमि पंचायत को दी जा सकती है बसअड्डे में महिला शौचालय की मांग पर उन्होंने कहा कि नया बस अड़डा शौचालय सहित सभी सुविधाओं से युक्त होगा म्ख्यमंत्री ने विधायक की मांग पर मतलोडा में पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने पर भी बस अड्डा बनाने का आश्वासन दिया

याद रखे मास्क और दो गज की दूरी बार बार हाथ धोना भी है जरूरी त्यौहारों के मौसम में ख्द सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

भारत ने पाकिस्तान में ग्रूदवारा करतारप्र साहिब के प्रबंध और सेवा संभाल की जिम्मेदारी सिक्ख समुदाय की संस्था से लेकर गैर सिक्ख संसथा को सौंपेने के पाकिस्तान सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान दवारा ग्रूदवारा करतारपुर साहिब का प्रबंध और सेवा संभाल पाकिस्तान सिक्ख गुरूदवारा प्रबंधक कमेटी से लेकर वक्फ बोर्ड के नियंत्रण अधीन एक कमेटी को सौंपेने बारे खबरें आई है बयान में कहा गया है पाकिस्तान दवारा लिया गया यह एक तरफा फैसला करतार साहिब गलियारे और सिक्ख समुदाय की भावनाओं के विपरित है उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सिक्ख ग्रूदवारा प्रबंधक कमेटी अल्पसंख्यक सिक्ख सम्दाय दवारा चलाई जा रही है जबिक वक्फ बोर्ड एक गैर सिक्ख संस्था है विदेश मंत्रालय को प्राप्त विनय पत्र में सिक्ख समुदाया के पाकिस्तान दवारा लिये गये इस फैसले पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि इससे पाकिस्तान के अल्पसंखक सिक्ख भाईचारे के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है भारत ने कहा है कि इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान की सरकार और यहां की लीडरशिप दवारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण के लिए किये दावों की असलियत का पता चलता है भारत ने पाकिस्तान को जा रहे कहा कि गुरूदवारा करतारपुर साहिब के प्रबंध से सिक्ख भाईचारे को वंचित करने वाला एक तरफा फैसला वापस ले

गृहमंत्री आज अम्बाला छावनी में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे

प्लिस के अन्सार आरोपी की पहचान रोहतक के गांव जसिया निवासी देवेन्द्र के रूप् में हुई है आरोपी शराब की यह खेप ग्जरात में सप्लाई करने जा रहा था आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है

जिलाधीश प्रदीप कुमार ने बताया कि बाजार व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों के भंडारण और बिक्री से अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है उक्त स्थानों पर पटाखों की बिक्री करने वालों पर नियमान्सार कार्यवाही की जाएगी